विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री तोमर ने कहा कि जल संरक्षण ग्राउंड वाटर रिचार्ज और सिंचाई कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए

सभी कोरोना विजेताओं ने इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हए जिला प्रशासन दवारा कोविड केयर सेंटर में की गई व्यवस्थाओं तथा वहां उपलब्ध स्विधाओं की सराहना की

केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार गंतव्य स्थलों पर बसों से ही पहंचा जाएगा

इसके अलावा अन्य जिलों या राज्यों के नागरिक भी इस वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवा सकेंगे अपनी जानकारी के साथ उन्हें किस स्थान पर जाना हथयह लिखना होगा

इनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं भोजन कराने के बाद जिलों को रवाना किया जा रहा हा

जहां एक और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा ह वहीं जिम्मेदार लोग भी कोरोना से बचाव के लिए अपने तरीके से लोगों को संदेश दे रहे हैं

काशवाणी के माध्यम से हर्षिता ने भी अदृश्य दृश्मन की मार से बचने के लिए संदेश दिया हा